ग्रू नानक देव जी का प्रकाश उत्सव आज पूरे विश्वभर में धार्मिक श्रद्वा व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर सभी ग्रूद्वारों को सजाया गया है

प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य मे कल हरियाणा पंजाब चंडीढ़ के सभी स्थानों में नगरकीर्तन निकाले गये और विशेषकर डेरा बाबा नानक अमृतसर और सुल्तानप्र लोधी में कीर्तन का आयोजन किया गया जिस दौरान श्रद्वाल्ओं ने जपजी साहिब शब्द सत ग्रू नानक प्रगटीयां तथा ऊंचा दर बाबे नानक दा का पाठ किया गया ग्रू नानक देव के प्रकाश पर्व पर आज विशेष अरदास किये जा रहे है तथा जगह जगह लंगर का प्रबंध किया गया है संगत पवित्र सरोवरों में स्नान कर ग्रूद्वारों में माथा टेक रही है अमृतसर में दरबार साहिब डेरा बाबा नानक बटाला सल्तानप्र लोधी तथा ग्रू नानक की जीवन यात्रा से जुड़े गुरूद्वारों में श्रद्वाल् विशेष रूप से गुरूपर्व मनाने पहुंच रहे है उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायड् ने लोगों को ग्रूपर्व और कार्तिक पृणिमा अवसर पर बधाई दी है श्री नायडू ने कहा कि श्री ग्रू नानक देव जी की शिक्षाएं तथा उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग आज ज्यादा प्रांसगिक है ताकि सामाजिक सदभाव व अध्यात्मिक उन्नति हो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि श्री ग्रू नानक देव जी ने लोगों को सत्य का मार्ग करूणा व न्यायशीलता की शिक्षा दी आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रदवालुओं ने विभिन्न धार्मिक स्थलों पवित्र नदियों व सरोवरों में स्नान किया और प्जा अर्चना की कार्तिक पूर्णिमा पर वाराणसी में गंगा तट में स्नार का विशेष महत्व है अंबाला में आज ग्रु पर्व के उपलक्ष में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया अंबाला छावनी और शहर के विभिन्न ग्रुद्वारों में दीवान सजाए गए तथा ग्रु का लंगर बर्ताया गया अंबाला शहर के ग्रुद्वारा मंजी साहिब से पंज प्यारों की अग्रवाई में नगर कीर्तन भी निकाला गया था

ग्रूद्वारों से आई संगत व विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित शहर के गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर स्वच्छता का संदेश दिया और सभी को ग्रूपर्व की बधाई दी पलवल से भी आज ग्रूपर्व मनाये जाने के समाचार है पलवल असावरा मोड़ के के स्कूल में आयोजित समारोह में ग्रू नानक देव जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया यम्नानगर में भी प्रकाशोत्सव आज श्रद्वा व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है स्बह से ही संगत यहां के विभिन्न ग्रूदवारों में माथा टेकने पहंच रही है और ग्रू का लंगर लगाया गया है

तीन दिवसीय समागम यहां कल से श्रू हो रहा है प्लिस महानिदेशक ने बताया मध्यबन के अतिरिक्त ग्रुग्राम फरीदाबाद हिसारफतेहाबाद सिरसा जींद रेवाड़ी नारनौल और पलवल जिलों से भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अलावा अतिरिक्त प्लिस बल यातायात प्लिसकर्मी कमांडो और स्वैट टीमों को भी तैनात किया गया है

इसके साथ ही सीवरमैनो की स्रक्षा को देखते हए संबंधित अधिकारी यह स्निश्चित करें कि कोई भी सीवरमैन सीवर में सफाई के लिए नहींजाएगा बल्कि सीवर की सफाई मशीनों द्वारा की जाए बनवारी लाल ने कहा कि अगर कांट्रेक्टर सीवर मैन को सीवर में सफाई के लिए भेजता है तो जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी

पहली दिसम्बर से नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे और सात दिसम्बर को इनकी जांच की जायेंगी

करनाल में मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित रखी गई है तथा इस बार नोटा का विकल्प भी मतदाताओ को उपलब्ध होगा ये च्नाव ईवीएम मशीनों से कराये जायेंगे हरियाणा के अन्सूचित जाति कल्याण मंत्री कृष्ण क्मार बेदी ने कहा है कि पिछले चार वर्षो में प्रदेश सरकार ने सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिणिक उत्थान के लिए च्नावी घोषणा पत्र में किए गये वायदों से अधिक काम किया है उन्होंने कहा कि संत शिरोमणी रविदास महर्षि वाल्मीकि कबीर तथा डॉबीआर अम्बेडकर जैसे महाप्रूषों की जयंतियों को म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली बार सरकारी तौर पर मनाने का निर्णय लेकर इन महापुरूषों को सच्ची श्रृद्घांजलि दी है

सिटी बस के इस द्रसरे रूट पर बस सेवा का श्भारंभ हरियाणा के लोक निर्माण मंत्रीराव नरबीर सिंह ने सेक्टर दस के सिटी बस को झंडी दिखाकर रवाना किया